मास्क पहने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 हाथ और मुंह साफ रखें

इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अट्ठासी हजार आठ सौ तिहतर पहुंच गई है वहीं कल एक हजार दो सौ छियालीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुटटी दे दी गई है इसी के साथ राज्य में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर अठहतर हजार नवासी पहुंच गई है जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या दस हजार सताईस रह गई है

वहीं उपायुक्त ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है इलाज के बाद स्वस्थ्य होने वाले लोगों की संख्या में भी लागतार वृद्धि हो रही है उन्होंने कहा कि बावजूद इसके अगले दो तीन महीने में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को तीन मंत्र दिए है उन्होंने लोगों से मास्क लगाने आपस मे दो गज की द्री रखने और हाथों की सफाई करने की अपील की है कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन में लगभग साढ़े छह महीने से बंद राज्य के धार्मिक स्थल कल से खुल जाएंगे राज्य सरकार की ओर से इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है राजधानी रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में रंग रोगन किया गया है कल से मंदिर में विशेष अनुष्ठान भी शुरू हो जांएगे इधर रामगढ़ के रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर खोलने को लेकर रामगढ़ उपायुक्त सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कल निरीक्षण किया कल देर रात तक चले इस निरीक्षण में मंदिर न्यास समिति सहित कई लोगों के साथ उपायुक्त ने विशेष बैठक की इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा

इसके अलावा राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों मस्जिदों गिरिजाघरों और ग्रूद्वारों को भी खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में कल मानक संचालन प्रक्रिया जारी की भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं

यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर मोहसिन वली इस चर्चा में भाग लेंगे

लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के डाढ़ा ग्राम के नावाबांध से बालूमाथ थाना पुलिस ने एक बस से बाहर ले जाई जा रहीं इक्तीस युवतियों को मुक्त कराया इनको धागा मिल में नौकरी का लालच देकर झारखंड से दूसरे राज्य तमिलनाड ले जाया जा रहा था इस संबंध में बालूमाथ के अंचलाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि लातेहार लोहरदगा रांची पलामू सहित कई जिलों से लड़कियों को तमिलनाडु के कृष्णा धागा मिल में काम दिलाने के नाम पर ले जाया जा रहा था इनमें नौ नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस मामले में बालूमाथ निवासी एक व्यकित का नाम सामने आया है जो इन लड़कियों को नौ हजार रुपये प्रतिमाह काम दिलाने के नाम पर ले जा रहा था बस के चालक और उपचालक को भी हिरासत में लिया गया है लेकिन दोनों हिंदी भाषा नहीं जानते जिससे पूछताछ नहीं हो पाई है फिलहाल रेस्क्यू की गई लड़कियों को बालूमाथ के कस्तूरबा बालिका स्कूल में रखा गया है इसकी सूचना मिलने पर एसडीओ शेखर कुमार और मुख्यालय डीएसपी कैलाश करमाली ने भी बालूमाथ पहुंचकर मामले की जानकारी ली अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में राष्ट्रीय आदिवासी इंडीजीनस धर्म समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा ज्ञापन के माध्यम से जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए पृथक ट्राइबल कॉलम जिसे झारखंड में सरना कोड धरम कोड के नाम से जानते हैं आवंटित कराने के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया गया है प्रतिनिधिमंडल में अरविंद उरांव राजकुमार कुंजाम सर्जन हांसदा निरंजना हेरेंज टोप्पो अजय टोप्पो और संजय महली आदि शामिल थे बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को चुनने के लिए झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया है प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में प्रदेश चुनाव समिति की आज कांग्रेस भवन में हई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया इसके पूर्व बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भेजे गए चार उम्मीदवारों के पैनल लिस्ट पर चर्चा की गई इन सभी नामों को हाईकमान के पास भेज का निर्णय लिया गया बैठक के बाद संवाददाताओं के प्रश्नों का जवाब देते हुए डा रामेश्वर उराँव ने कहा कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है और हम अपनी परंपराओं के अनुसार प्रखंडजिला प्रदेश स्तर पर चयन की प्रक्रिया को अपनाते हुए हाईकमान की सहमति के बाद ही उम्मीदवार की घोषणा करते हैं कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम ने कहा कि फिर से बेरमो और द्मका के मतदाता गठबंधन को ही जनादेश देंगे इन दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेंगे

जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के बुंडू इलाके में हई दो लोगों की मौत के बाद मृत्तकों के परिवार वालों के साथ मुलाकात की पिछले महीने समाजसेवी और भाजपा कार्यकर्ता की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो गई थी वहीं दूसरी तरफ बूंडू के टोल प्लाजा में दो सप्ताह पूर्व भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता की सड़क द्र्घटना में मौत हो गई थी

इसके साथ ही पौधों के विकास के लिए पानी जैविक खाद एवं सूक्ष्म जीवों के महत्व के बारे में भी बताया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अब विभिन्न स्तर से प्रयास किये जा रहे हैं खेलेगा इंडिया तो स्वस्थ रहेगा इंडिया के अभियान को गति देने के लिए खूंटी में कृश्ती संघ का गठन किया गया कृश्ती संघ के सदस्यों ने बताया कि खूंटी हॉकी की नर्सरी रही है